परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं बिलासपुर में आज डेंगू बीमारी के संदर्भ में वस्तु स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि विभाग के प्रयासों से इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है परमार ने कहा कि डेंगू रोग से लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और इसके निदान के लिए जुरूरी दवाईयां और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डेंगू के पनपने की प्रारंभिक अवस्था को समाप्त करने के लिए घर के भीतर व बाहर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है विपिन परमार ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर का दौरा कर डेंगू ग्रस्त मरीज़ों का कुशलक्षेम भी पूछा भारद्वाज शिक्षा मंत्री स्रेश भारद्वाज ने समुद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सभी के सहयोग की जरूरत पर बल दिया है शिमला जिले में नारकण्डा के समीप हाट माता मंदिर में आज एक धार्मिक उत्सव में उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार भी अनेक कदम उठा रही है मांरद्वाज ने कहा कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से भाषा कला व संस्कृति का संरक्षण व संवर्द्वन सुनिश्चित बनाया जा रहा है

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए बागवानी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है उन्होंने उम्मीद जताई कि पृष्प क्रांति योजना से अधिक कृषक फूलों की खेती के लिए आकर्षित हो सकेंगे नई योजना में फूल उत्पादकों की सहकारी सभाएं बनाने पर भी विशेष बल दिया जाएगा दिव्यांग निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की शत प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य में भी अनेक कदम उठाए जाएंगे स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले दिनों नई दिल्ली में हए एक सम्मेलन में तय किया गया कि चुनावों में मतदान केन्द्रों के भवनों को बाधा रहित बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि चुनाव जागरूकता सामग्री ब्रेल में छापी जाएगी और आध्रनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सूचनाओं को सुगम्य किया जाएगा रैसलिंग खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की पहली रैसलिंग अकादमी शिमला संसदीय क्षेत्र में खोली जाएगी इसके लिए राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय रैसलर द ग्रेट खली की हर संभव मदद करेगी सोलन में कल शाम डब्ल्यूडब्ल्यूएफ फाईट प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को उचित मंच देने के लिए सरकार लगातार नवीन प्रयास कर रही है गोविंद ठाकुर ने कहा कि आगामी सितम्बर माह में राज्य में खेलो हिमाचल नामक प्रतियोगिता के आयोजन के प्रयास किए जा रहे हैं सांसद वीरेन्द्र कश्यप और रैसलर द ग्रेट खली भी इस दौरान मौजूद रहे आभार इस बीच सोलन में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ रैसलिंग प्रतियोगिता के लिए दी गई आर्थिक मदद पर द ग्रेट खली ने विभिन्न संगठनों का आभार जताया है उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ही वे इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने में कामयाब रहे हैं उन्होंने कहा कि ये आर्थिक मदद उन्हें भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताएं करवाने के लिए प्रेरित करेगी मांग नई पैंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन ने उन्हें केन्द्र के लाभ प्रदान करने की सरकार से मांग की है ऐसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने कांगड़ा जिला प्रधान राजिन्द्र मिन्हास की अध्यक्षता में आज ज्वालामुखी में अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर को ज्ञापन सौंपा अभियान सिरमौर जिले के चूड़धार में पिछले दिनों लापता हुई बच्ची की खोज के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है

इस दौरान अनेक भागों में वर्षा की आशंका जताई गई है

इस बीच प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्के बादल छाए रहे और मौसम खुश्क बना रहा